भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उन्हें पृष्पांजलि अर्पित करने के साथ एक पुस्तक का करेंगे विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हए कोविड उपचार के लिये सभी जरूरी इन्तजाम सुनिश्चित करने के दिये निर्देश राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस पर आज प्रदेशवासियों को दी श्भकामनाएं

श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रूपये की राशि दो दो हजार रूपये तीन किस्तों में दी जाती है यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के जन्मदिवस के अवसर पर आज प्रदेश में एक हजार से अधिक स्थानों पर किसान गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी इन गोष्ठियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे यह जानकारी देते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकूट बिहारी वर्मा ने बताया कि किसान गोष्ठी में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी

इन स्थानों पर प्रयानमंत्री के संबोधन के सजीव प्रसारण के लिए एलईडी का भी इंतजाम होगा उन्होंने कहा किइन किसान गोष्ठियों के दौरान किसानं को केन्द्र और राज्य सरकार की तरहसे उनके हित में चलाई जा रही योजनायों की जानकारी भी दी जायेगी इस बीच राज्य भाजपा इकाई किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज से तीन दिवसीय अभियान शुरू करेगी

पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान केन्द्रीय क्रूपि गंत्री का पत्र भी लोगों के बीच पहचायेंगे ताकि किसानों से जुड़े कानूनों पर फैले भ्रम को खत्म किया जा सके सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

सरकार ने किसानों के उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने का संकल्प भी दोहराया है सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें किसान संघों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है केन्द्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्रों का युक्तिसंगत समाधान करने को हमेशा तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की विश्व भारती की धारणा आत्मनिर्भर भारत का सार है उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है प्रधानमंत्री ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही विश्वभारती के लिए गुरूदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है ये अनियान भारतको सशक्त करने का अनियान है भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अनियान है इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्मर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है

प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयके छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिये प्रचारकरें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनायें श्री मोदी ने कहा कि गुरूदेव चाहते थे कि भारतकी श्रेष्ठ बातों का पूरी दुनिया को लाभ मिले और उसी तरह बाकी दुनिया की श्रेष्ठ बतों का भी भारत को लाभ मिले उन्होंने कहा कि देश विश्वमारती का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उन्हें पृष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक पुस्तक का विमोचन करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कोमैमोरेटिव वाल्यूम नामक इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है

पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयीके सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी दिए गए हैं

यह दिन सुशासन दिवस के रूपमें भी मनाया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कोविड उपचार के लिये सभी जरूरी इन्तजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि हवाई अड़डों पर विशेष साक्वानी बरती जाए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग से वायरस के नए स्वरूप के सम्बन्ध में टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिये कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों से आए लोगों की सुची बनाकर उनकी टेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाए टेस्टिंग का रिजल्ट आने तक ऐसे व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा जाए

प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी शुरूआत में यह अधिकारी मुंबई दिल्ली और कोलकाता में नियुक्त किए जाएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुंबई में इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं और बाद में दूसरे राज्यों में भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे यह अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों के हित सुरक्षित रहे और अगर किसी मजदूर को कोई समस्या होती है तो यह अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उसका हल तलाशने में मदद करेंगे

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी प्रवासी मजदूरों को जानकारी देंगे ताकि वह इन योजनाओं का लाभ ले सकें

प्रदेश भर में गिरजा घरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है कोविड नियमों के तहत गिरजा घरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये हैं विभिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस पर प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई और श्भकामनाए दी है राज्यपाल ने कहा कि प्रभू ईसा मसीह ने असहाय और पीड़ित मानवता को प्रेम करूणा और अट्ट संकल्प शक्ति का जो संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रिसमस का पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है

वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में कल श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग लागू होगा श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भूगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रूकना पड़ेगा